स्लग अयोध्या मामला अयोध्या के रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का मध्यस्थता के जरिए समाधान करने की कोशिश सफल नहीं हो पायी है उच्चतम न्यायालय में अब इस मामले की छह अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया कि इस विवाद का सर्वमान्य हल खोजने के उसके प्रयास विफल हो गये हैं शीर्ष अदालत ने कहा कि इस प्रकरण के पक्षकारों को अपीलों पर सुनवाई के लिए अब तैयार रहना चाहिए न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर बहस पूरी होने तक चलेगी स्लग अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा सलाह जारी की है इस एडवाइजरी में अमरनाथ के श्रद्दालुओं और कश्मीर आये पर्यटकों से घाटी में अपना प्रवास जल्द से जल्द खत्म कर घर लौटने की सलाह दी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर आतंकवादी हमले की संभावना जताई है जानकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग पर बारूदी सुरंग और स्नाइपर मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है इंटेलिजेंस इनपुट अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी किया गया है खुफिया इनपुट के बाद कश्मीर घाटी में आए सभी पर्यटकों और श्रद्वालुओं को अलर्ट कर दिया गया है

वहीं आज सेना ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पास स्थिति नियंत्रण में है और काफी हद तक शांतिपूर्ण है सेना ने कहा कि वह पाकिस्तान को कश्मीर में शांति भंग करने नहीं देगी

उन्होंने बताया कि शोपियां में तलाशी अभियान चल रहा है जहां बृहस्पतिवार की रात सुरक्षा बलों पर हमला करने का प्रयास किया गया था उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पाकिस्तान आयुध फैक्ट्री में निर्मित एक बारूदी सुरंग को जब्त कर लिया गया

राज्यसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है पोक्सो विधेयक में बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले लोगों को मृत्यु दण्ड सहित सजा की अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने पर रोक लगाने के लिए विधेयक में ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल तक की कैद की सजा और जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है

स्लग केदारनाथ एटीएम केदारनाथ आपदा के बाद धाम में भक्तों को एक बार फिर बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलने लगा है केदारनाथ में आज से एटीएम सेवा शुरू हो गई है केदारनाथ में एक प्राइवेट बैंक ने एटीएम लगाया है आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों को धाम में बैंकिंग सुविधा न होने से खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था

आज आपदा के छह वर्ष बाद यात्रियों के लिए एटीएम सुविधा शुरू हुई है एचडीएफसी बैंक का पहला एटीएम केदारनाथ धाम में कार्य करने लग गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल उपाध्यक्ष अशोक खत्री और मुख्य कार्याधिकारी बीडीसिंह ने केदारनाथ में एटीएम सेवा शुरु किए जाने पर खुशी जताई है स्लग समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तकनीकि शिक्षा से जुड़े संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है देहरादून में तकनीकि शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान है उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की कार्ययोजना में सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये स्लग आईटीबीपी लोकार्पण चंपावत आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देशवाल ने कहा है कि सरकार का प्रयास कर रही है कि अधिक ऊंचाई और सर्दी वाले क्षेत्रों में सेवा दे रहे जवानों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके

उन्होंने बताया कि सरकार हिमवीरों की सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है जहां पर ज्यादा सर्दी है वहां पर टेम्प्रेचर कंट्रोल भवन बनाने का प्रस्ताव है

स्लग बैठक उत्तरकाशी गढ़वाल मंडलायुक्त दिलीप जावलकर ने आज जिला योजना राज्य सेक्टर केन्द्रपोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की श्री जावलकर ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को अप्रैल मई और जून माह की दिव्यांग पेंशन जारी नहीं करने पर तलब किया

इसे देखते हुए कोषागार से ड्राफ्ट बनाने के लिए बिल प्रेषित किए गए थे जहां आईएफएमएस साफ्टवेयर में अपलोड नहीं होने का हवाला देते हुए बिल को वापस विभाग को लौटा दिया गया इस पर श्री जावलकर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कोषागार के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन दिव्यांगों की पेंशन जारी नहीं होने तक रोकने के निर्देश दिए श्री जावलकर ने स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की भी जानकारी ली सचिव ने जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत जिले में किए जा रहें कार्यो की प्रगति की भी समीक्षा की बैठक में मुख्य विकास आधिकारी ने बताया कि जिले में जल संरक्षण और संर्वद्धन के लिए तीन बड़ी योजनाओं पर कार्य किया गया है जिसमें नचिकेता ताल मसून और सिलक्यारा शामिल हैं ग्रामीण स्तर पर भी सोक पिट और कच्चे तालाब बनाएं गए हैं स्लग मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी बारिश का दौर जारी रहा राजधानी देहरादून समेत कुछ क्षेत्रों में रातभर मूसलाधार बारिश हुई और आज भी रुक रुक कर बारिश होती रही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी छह अगस्त को पिथौरागढ़ नैनीताल देहरादून और टिहरी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है राज्य में बारिश से अवरुद्व कई मुख्य मार्गो को खोल दिया गया है हालांकि दूरदराज के क्षेत्रों में अब भी कई जगह ग्रामीण मोटरमार्ग बंद हैं जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है स्लग बैठक देहरादून देहरादून में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गठित राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक आयोजित की गई

साथ ही इस योजना के तहत स्वीकृत धनराशि सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने पर सैद्वान्तिक सहमति भी हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न समितियों के लिए स्वीकृत इस धनराशि से कृषि और औद्योगिकी विकास भेड़ बकरी पालन डेरी विकास मत्स्य पालन पर्यटन और बैंकिंग क्षेत्र की सहकारिता समितियों के संयुक्त प्रयासों से किसानों और ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती मिलेगी उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शहद उत्पादन के क्षेत्र विकसित करने पर भी जोर दिया उन्होंने इसके लिये प्रत्येक जिले में एक कलस्टर बनाये जाने और इसे ग्रोथ सेन्टर से जोड़े जाने का सुझाव दिया

जिलाधिकारी वी षणमुगम ने जिला क्रीड़ा अधिकारी को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर ब्लाक और जिला स्तर पर स्कूली बच्चों की दौड़ और वॉल पेन्टिग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने के निर्देश दिये हैं